सर्वोच्च न्यायालय ने लोकपाल के लिए चयन समिति के सदस्यों की नियुक्ति को केन्द्र के जवाब पर अंसतोष व्यक्त किया है सर्वोच्च न्यायालय ने चार सप्ताह के भीतर एक ताज़ा हल्फनामा दाखिल करने को कहा है जिसमें चयन समिति के सदस्यों की सभी जानकारी हो स्नवाई के दौरान महधिवक्ता के के वेण्गोपाल ने एक हल्फनामा दायर किया और कहा कि चयन कमेटी की मीटिंग हुई थी परन्त् नामों की अंतिम रूप् नहीं दिया गया था उन्होंने बताया कि जल्द ही एक ओर बैठक की जायेगी जिसमें चयन समिति के सदस्यों को च्ना जायेगा और इसमें कानून का ध्यान रखा जायेगा इस कमेटी में प्रधानमंत्री भारत के म्ख्य न्यायधीश लोकसभा के स्पीकर विपक्ष के नेता और प्रसिद्व कानूनविद्व शामिल होंगे न्यायालय एक स्वयं सेवी समूह दवारा दायर याचिका जिसमें लोकपाल की नियुक्ति न होने पर म्द्दा उठाया गया था सुनवाई कर रहा था नीति आयोग के सीईओ अमिताभ कांत ने कहा है कि देश में विकास की बहत च्नौतियां है और ये बहत महत्वपूर्ण है कि देश के मानव विकास सूचांक में वृद्वि हो

श्री कांत ने कहा कि खाद्य पदार्थो की बर्बादी और इसकी वृद्वि पर रोक लगाने की आवश्यकता है उन्होंने कहा कि लोगों को पोषण उपलब्ध करवाना एक च्नौती है कि ये एक चिंता का विषय है कि भारत के बच्चे क्पोषित है उन्होंने पिछड़े जिलों का विकास करने के लिए सार्वजनिक क्षेत्र का आहवान किया उन्होंने कहा कि स्कूलों में और प्रशिक्षित आध्यापकों की जरूरत है और बेहतर शिक्षा के लिए प्राथमिकता स्कूलो को अपग्रेड करके उच्च प्राथमिक स्कूलों में परिवर्तित किया जा सकता है हरियाणा के म्ख्यमंत्री मनोहर लाल की अध्यक्षता मे आज चंडीगढ़ में हड् बैठक में सात शहरों व गांवों की विकास योजना के मसौदे को मंजूरी प्रदान की गई है इन शहरों और गांवों में बाढसा झज्जर कलानौर रोहतक नूहं इसरान तथा मडलौडा शामिल है शहरी स्थानीय निकाय मंत्री श्रीमती कविता जैन भी बैठक में शालि थी कविता जैन ने बताया कि झज्जर जिले पूर्व सैनिकों के लिए हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण द्वारा सेक्टर विकसित किया जायेगा ये पहला ऐसा सेक्टर होगा जिसे बाद में बढ़ाया नहीं जायेगा

यह जानकारी पंचकूला विधायक एवं म्ख्य सचेतक ज्ञानचंद ग्प्ता ने आशियाना कॉलोनी में सरकार दवारा चलाए जा रहे पौधागिरी अभियान के तहत पौधारोपण करने उपरांत आयोजित कार्यक्रम में म्ख्यतिथि के रूप में बोलते हए दी उन्होंने आशियाना वासियों से आग्रह करते हुए कहा कि वे यहां पर लगाए गए पौधों के रखरखाव की ओर विशेष ध्यान दें श्री ग्प्ता ने कहा कि जिला में इस अभियान के तहत पांच लाख पौधे लगाए जाएंगे जो वन विभाग दवारा निश्ल्क उपलब्ध करवाए जा रहे है आज पंचकूला में अपनी मांगों को लेकर प्रदर्शन कर रहे कंप्यूटर शिक्षकों पर प्रशासन द्वारा वाटर कैनन का प्रयोग किया गया इसी दौरान कई शिक्षक भी घायल हो गए जिन्हें पंचक्ला के सरकारी अस्पताल में भर्ती करवाया गया

गांवों और राज्यों को तय मापदंडो के अन्सार श्रेणी में रखा जायेगा और दो अक्तूबर को गांधी जयंती पर इसका परिणाम घोषित किया जायेगा सर्वश्रेष्ठ प्रर्दशन करने वाले जिलों और राज्यों को प्रस्कृत भी किया जायेगा मुख्यमंत्री ने वीडियो कांफ्रेसिंग से जिला उपाय्क्तों एवं अतिरिक्त उपाय्क्तों को सम्बोधित करते हए कहा कि इस अभियान को एक सामाजिक अभियान बनाया जाए उन्होंने निर्देश दिए कि सभी शौचालयों की जीयो टैगिंग का कार्य भी शीघ्र प्रा किया जाए

म्ख्यमंत्री ने कहा कि जल्द ही सचिव की अध्यक्षता में एक कमेटी का गठन किया जायेगा जो समय समय पर स्वच्छता के लिए किए जा रहे कार्यो की समीक्षा करेगी इससे गांवों में भी प्रतिस्पर्धा की भावना पैदा होगी विकास एंव पंचायत विभाग के प्रधान सचिव स्धीर राजपाल ने बताया कि सर्वेक्षण के लिए टीम गांवों में जाकर स्कूल आंगनवाड़ी प्राईमरी स्वास्थ्य केन्द्र धार्मिक स्थल और बाज़ारों में सफाई व्यवस्था का आंकलन करेगी टीम लोगों के सुझाव लेकर गांव में सामूहिक चर्चा भी करेगी

उपाय्क्त डा आदित्य दहिया ने आज करनाल में बताया कि जिले के ग्रामीण क्षेत्रों में इसकी तैयारियां प्रारंभ कर दी गई है

अतिरिक्त उपाय्क्त निशांत क्मार यादव ने बताया कि अगस्त माह में भारत सरकार की टीम करनाल आयेगी

टीम की सदस्य एक तिहाई गांव में जाकर सर्वेक्षण करेंगे क्डली गाजियाबाद पलवल एक्सप्रेस मार्ग पर आज गांव कटेसरा के निकट तेज़ गति से आ रहे एक ट्रोले ने दो केंटरों में टक्कर मार दी जिसमे दो कैंटर चालकों की मौत हो गई ट्राला चालक मौके से फरार हो गया घटना के बाद प्लिस मौके पर पहुंची और शवों को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए पलवल अस्पताल भिजवा दिया

मृतको की पहचान संजय निवासी छिजासी जिला हाप्ड़ उत्तरप्रदेश व रति राम निवासी सहबाजप्र जिला फतेहाप्र के तौर पर हुई है